इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों की बनियादी जरूरते पूरी होंगी मिशन ग्रामोदय का मुख्य कार्यकम धार जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया था

मुख्यमंत्री ने बताया कि मिशन ग्रामोदय के तहत गांवों में सडकें भी बनाई जाएगी उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा भी की वर्च्अल कार्यकम में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी शामिल हुए

कल देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर ली गई वीडियो कॉन्फ्रेन्स में हुए प्रस्तुतिकरण में उन्होंने देश को दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र देते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग स्वच्छता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है इस बारे में जागरूकता के लिए लगातार गतिविधियाँ संचालित की जाएँ उन्होंने कोरोना संक्रमण से पुनः प्रभावित हो रहे राज्यों में आवश्यकतानुसार टेस्टिंग और टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए बिना आर्थिक गतिविधियों को बंद किए इंदौर और भोपाल में आज से रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है मास्क सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बचाव के उपायों का सख्ती से पालन कराने और जागरूकता अभियान के लिए गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं

भोपाल और इंदौर के अलावा जबलप्र ग्वालियर छिंदवाड़ा उज्जैन और रतलाम में मामलों की संख्या बढ रही है

मैच शाम सात बजे से शुरू होगा